इस चरण के लिए गुरूवार को नामांकन भरने का अंतिम दिन है

आज जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याषी कर्नल राज्यवर्धन राठौड ने अपना पर्चा भरा

कर्नल राठौड के अलावा चुरू से भाजपा प्रत्याषी राहुल कस्वां तथा सीकर से भाजपा प्रत्याषी सुमेधानंद सरस्वती ने भी आज नामांकन भरे नामांकन के बाद सीकर में सुमेधानंद सरस्वती की नामांकन रैली को संबोधित करते हुए भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेषनल हैराल्ड और ट्रजी घोटाले में संलिप्त रहे लोग न्याय की बात कर रहे हैं श्रीमती राजे ने अपने शासनकाल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि भामाषाह स्वास्थ्य बीमा योजना ग्रामीण गौरव पथ जैसी योजनाओं से हर वर्ग को लाभ मिला है उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बिजली की स्थिति बदहाल है

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किसानों और युवकों से किए वे केवल छलावा है दूसरी ओर नागौर से कांग्रेस प्रत्याषी डॉ ज्योति मिर्धा दौसा से कांग्रेस प्रत्याषी सविता ने भी आज रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किये

केंद्र सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए श्री गहलोत ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण उद्योग धंधे नहीं चल पा रहे हैं वहीं किसानों की स्थिति खराब है कांग्रेस के घोषणापत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अलग से बजट की घोषणा कर उनकी पार्टी ने एक नई पहल की है

इस संबंध में निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिषा निर्देषों के आधार पर राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं

गौरतलब है कि पूर्व में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र का चयन कर उसकी ईवीएम के मतों एवं वीवीपैट की पर्चियों से मतों का मिलान कर मतों का प्रमाणीकरण किया जाना था

नागौर और डेगाना के मैयासर गांव में वोट बरात और वोट चौपाल कार्यक्रम हुए जालौर में लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है आज शिवाजी नगर चौराहे से स्टेडियम तक मैराथन का आयोजन किया गया वहीं प्रताप चौक जालौर से सूरजपोल तक मानव श्रृंखला बनाकर मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया

वहीं तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है

इस बीच लोकसभा चुनाव के छठे चरण की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है

न्यायमूर्ति शरद बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में पूणे के एक दम्पति द्वारा दायर याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया न्यायालय का कहना था कि वह केरल के सबरीमला मंदिर मामले में अपने फैसले को देखते हुए इस मामले पर विचार करने को तैयार है

राज्य पुरातत्त्व तथा संग्रहालय विभाग के निदेशक मेघराज सिंह रतनू ने यह जानकारी दी

तीनों कर्मचारी चुनाव सामग्री लेने जयपुर गए थे और चुनाव सामग्री लेकर एक ट्रक से वापिस बाड़मेर लौट रहे थे इस दौरान बाड़मेर जोधपूर सीमा के पास यालावास गांव में रात करीब साढे ग्यारह बजे ट्रक के पलटी खा जाने के कारण हुए हादसे में उनकी मौत हो गयी

करौली जिले के जैन धर्म के प्रसिद्ध स्थल श्रीमहावीरजी में वार्षिक मेला पूरे रवान पर है यहां देशभर के लाखों जैन धर्मावलंबियों का जमावड़ा लगा हुआ है

राजधानी जयपुर में बादलों के कारण अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के चलते कई पेड़ उखड़ गए शहर के कई भागों में हल्की बारिश भी हुई उधर दौसा में अंधड़ के कारण कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा की नामांकन रैली का पांडाल उड़ गया और खराब मौसम के कारण कांग्रेस नेताओं का हैलीकॉप्टर प्रष्कर से उड़ान नहीं भर पाया इसके चलते कांग्रेस नेता दौसा नहीं पहंच पाए और जनसभा को रदद करना पड़ा टोंक से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में क्छ जगह तेज आंधी के बाद बारिश हुई